राष्ट्रपति भारतीय मूल के तीस लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भारतीय मूल के पांच हजार से अधिक लोग भाग ले रहे हैं

कमलनाथ मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कल स्विट़जरलैंड के दावोस में प्रदेश में निवेश के मुददे पर उद्योगपतियों से मुलाकात की

मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम के शुभारंभ सत्रों के दौरान कई राजनयिकों और व्यापार प्रतिनिधियों से भेंट की श्री कमल नाथ ने साउथ अफ्रीका के व्यापार एवं निवेश मंत्री रॉब डेविस से मुलाकात की इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रॉक्टर एंड गेम्बल के एशिया पैसिफिक इंडिया एंड अफ्रीका के प्रेसीडेंट मंगेश्वरण सुरंजन से मिले और मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की

इस अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में अनेक गण्यमान्य लोगों ने नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की नेताजी की जन्मस्थली ओडिसा के कटक में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लालकिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया इस संग्रहालय में नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ी कई वस्तुएं रखी हुई हैं इनमें नेताजी की लकड़ी की कर्सी तलवार पदक बैज वर्दी तथा अन्य शिल्पकृतियां शामिल हैं

वहीं प्रदेश में भी नेताजी की जयंति के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी नेताजी की जयंति पर कार्यक्रम आयोजित किए गए वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगर निगम अध्यक्ष डॉ सुरजीत सिंह चौहान ने सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया होशंगाबाद में आचार्य नरेन्द्र देव पुस्तकालय में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई

इसके लिये अभ्यर्थियों को सुबह साढे सात बजे अपने अपने केन्द्रों पर प्रवेश और पहचान पत्र के साथ पहुंचना होगा यह परीक्षा दो पाली में ढाई ढाई घंटे की होगी पहली पारी सुबह साढे नौ बजे से बारह बजे तक और द्रसरी पाली की परीक्षा दोपहर ढाई बजे से शाम पांच बजे तक होगी

इस परीक्षा में लगभग ढाई लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं

मौत रायसेन जिले के मंडीदीप में एक ही कमरे में एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने की घटना की जांच में पुलिस जुट गई है गौरतलब है कि मंडीदीप में कल रात दो बच्चों सहित चार लोगों के शव मिले थे वहीं घर के मुखिया सन्नू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है मौसम प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी है कल ग्वालियर और चम्बल संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई वहीं अंबहा और मुरैना में तेज बारिश हई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई

शिवपुरी जिले में विभिन्न स्थानों पर कल देर रात से शुरू हुई बारिश से एक बार फिर से जिले में ठंड बढ़ गई है मौसम विभाग ने इसे मावठा की बारिश बताया है जिससे गेंहूँ और चने की फसल को फायदा होने की उम्मीद है आज सुबह मुरैना और शिवपुरी में काफी कोहरा भी छाया रहा मौसम विभाग ने बारिश के बाद एक बार फिर यहां तापमान गिरने का अनुमान जताया है